केन्द्र ने ये कदम इस सबंध में उच्चतम न्यायलय के फैसले के बाद दिया है राज्य सरकारों को भी इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के सलाह दी गई है ईद उल फितर का त्यौहार आज प्रदेशमर में पारम्परिक हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया जा रहा है यह त्यौहार आपसी भाईचारे क्षमा व उदारता का प्रतीक है इस मौके पर शिमला समेत प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों में नमाज अता की जा रही है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि अनेकता में एकता ही हमारी शक्ति है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ईद उल फितर का त्यौहार खूशी और प्रसन्ता लेकर आता है उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्यौहार लोगों में आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करेगा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं

प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जबकि राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से रूक रूक कर बारिश हो रही है ऊना से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में सुबह से गर्ज के साथ वर्षा हो रही है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है धूल की चादर में लिपटा पूरा हिमाचल कई जगह दिन में ही अंघेरा सीएम के चौपर की पालमपूर में आपात लैंडिग चंडीगढ़ नहीं गई हेली टैक्सी कांगड़ा शिमला की उड़ाने रद्द पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल सहित उत्तर भारत धूल की चादर में हुआ कैद बारिश और तेज हवाओं के बाद ही मिलेगी राहत खतरनाक हुआ प्रदूषण का स्तर दैनिक जागरण के शब्द हैं पांच ज़िलों में चलेगी धूलभरी आंधी हिमाचल में बाहर के आढ़ती को लाइसेंस बनाने से पहले सिक्योरिटी के रूप में देनी होगी तय राशि शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है सेब कारोबारियों का एडवांस पैसा लेकर नहीं भाग सकेंगे बाहरी आढ़ती

दैनिक जागरण के अनुसार आरोप तय आरोपित चिरानी बयान से मुकरा अदालत में बोला दुष्कर्म व हत्या में मेरा हाथ नही हिमाचल दस्तक लिखता है वीरभद्र को सलामी देने पर बवाल हमीरपुर में प्रोटोकाल से बाहर जाकर दो बार गार्ड ऑफ ऑनर जबकि अमर उजाला का शीर्षक है वीरभद्र को दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर जवाब तलब हमीरपुर पुलिस ने नियमों के विपरीत दे दी पूर्व मुख्यमंत्री को सलामी

दिव्य हिमाचल की एक खबर है दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है शांता नड्डा के बीच बंद कमरे में हुई गुफ्तगू देर शाम अचानक शांता के घर पहुंचे जेपी नड्डा अखबार की एक अन्य खबर है हिमाचल में मंहगी होगी बस यात्रा

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय रंग लाया संघर्ष में लिखता है कि ंचबा जिले के बघेईगढ़ स्कूल में शिक्षकों के पद भरने के लिए बच्चों का संघर्ष रंग लाया सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि ऐसी नौबत न आए दिव्य हिमाचल अपने सम्पादकीय में लिखता है कि हिमाचल के पर्यटन धार्मिक और महत्वपूर्ण शहरों के प्रवेश द्वारों का सौन्दर्यकरण जरूरी है शीर्षक है पर्यटन की राह पर विकास